लोकसभा निर्वाचन प्रचार प्रदेश में पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव प्रचार तेज हो गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ सहित देशभर में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायगढ़ सारंगढ़ और कांसाबेल में आमसभाएं लीं वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भानुप्रतापपुर राजनांदगांव और डोंगरगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया उल्लेखनीय है कि दूसरे चरण में प्रदेश के महासमुंद कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में अट्ठारह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे वहीं तीसरे चरण के तहत राज्य के सात संसदीय क्षेत्रों रायपुर बिलासपुर रायगढ़ जांजगीर चांपा दुर्ग कोरबा और सरगुजा में तेईस अप्रैल को मतदान होगा मुख्यमंत्री आय पर चर्चा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में रिंग रोड के पास स्थित बीएसयूपी आवास में निवासरत् लोगों के साथ आय पर चर्चा कार्यक्रम के तहत बातचीत की श्री बघेल ने चर्चा के दौरान लोगों को कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी उन्होंने न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि केन्द्र में उनकी सरकार आई तो भूमि और आवासहीन लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिलाया जाएगा

बैठक में श्री साहू ने कानून व्यवस्था मतदान केन्द्र डाक मतपत्र और मतदानकर्मियों के प्रशिक्षण की जानकारी ली उन्होंने निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मतदान के लिए इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से जारी करने के निर्देश दिए इससे पहले श्री साहू ने राजनादगांव के एफसीआई गोदाम में बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्षों का भी निरीक्षण किया

इसी कड़ी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत रायपुर जिले में स्थित पंछी विहार नंदनवन में अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों प्रकृति प्रेमियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने नेचर वॉक किया रायपुर कलेक्टर कार्यालय से आज मोटरसाइकिल रैली निकाली गई संस्कृति विभाग के आयुक्त अनिल कुमार साहू ने झण्डी दिखाकर रैली को रवाना किया यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नंदनवन पहुंचा जहां लोगों को मतदान अवश्य करने की शपथ दिलाई गई भीमा मंडावी न्यायिक जांच दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की मौत के मामले की न्यायिक जांच कराने के लिए राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है निर्वाचन आयोग की तरफ से स्वीकृति मिलते ही राज्य सरकार स्वर्गीय भीमा मंडावी की मौत के मामले की न्यायिक जांच का आदेश जारी करेगी प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है इसलिए न्यायिक जांच के घोषणा के पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति लेना आवश्यक है उल्लेखनीय है कि बीते नौ अप्रैल को दंतेवाड़ा जिले के बचेली कुआंकोंडा मार्ग पर हुए माओवादी हमले में विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई थी इस घटना में चार जवान भी शहीद हो गए थे

जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में कोंडागांव जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी दुर्घटना कोंडागांव जिले में आज चुनाव ड्यूटी पर जा रहे जवानों के वाहन की एक अन्य वाहन से टक्कर हो जाने से एक एएसआई समेत चार जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं मिली जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा जिले के कारली में तैनात छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की नौंवी बटालियन के ये जवान वाहन में सवार होकर बलौदाबाजार जा रहे थे तभी कोंडागांव के पास चिखलपुटी में अज्ञात वाहन ने उनके वाहन को टक्कर मार दी इस घटना में एएसआई समेत चार जवानों को गंभीर चोटें आई हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है माओवादी गिरफ्तार कांकेर जिले के पीड़ापाल से सुरक्षा बलों ने एक लाख रूपए के इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है यह माओवादी एलओएस का सदस्य है जो काफी समय से इस इलाके में सक्रिय था गिरफ्तार माओवादी पर हत्या आगजनी और लूटपाट जैसे घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है ईओडब्ल्यू आईएएस मामला जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था छत्तीसगढ़ संवाद में कथित रूप से हुई करोड़ों रूपये की अनियमितता के मामले में जनसंपर्क आयुक्त रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश सुकुमार टोप्पो और अन्य के खिलाफ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने दो अलग अलग मामलों में अपराध पंजीबद्ध किया है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है राज्य सरकार की ओर से ईओडब्ल्यू के अधिकारी ने यह एफआईआर दर्ज कराई है दोनों ही मामले वर्ष दो हजार सोलह सत्रह और दो हजार सत्रह अट्ठारह में कथित वित्तीय गड़बड़ी से जुड़े हुए हैं इस मामले में दो निजी फर्मों को भी आरोपी बनाया गया है जलियावाला श्रद्धांजलि राष्ट्र आज जलियावाला नरसंहार के सौ वर्ष प्ररे होने पर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है वर्ष उन्नीस सौ उन्नीस में आज के ही दिन जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण जनसभा पर जनरल डायर और ब्रिटिश सैनिकों की गोलीबारी में सैंकड़ों निर्दोष नागरिक शहीद हुए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है बैसाखी फसल कटाई का त्यौहार बैसाखी आज देश के उत्तरी भागों में पारम्परिक आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में यह त्घ्यौहार धूम धाम से मनाया जाता है वर्ष सोलह सौ निन्यानवे में बैसाखी पर ही गुरू गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बैसाखी पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं महाअष्टमी रामनवमी चैत्र नवरात्र पर अष्टमी के साथ ही आज रामनवमी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है इस मौके पर सभी देवी मंदिरों तथा शक्तिपीठों में हवन प्रजन महाआरती और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है देवी मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए आज सुबह से ही श्रद्दालुओं की भीड़ देखी जा रही है वहीं रामनवमी के मौके पर आज भगवान श्रीराम मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक दूधाधारी मठ और वीआईपी रोड स्थित श्रीराम मंदिर में रामनवमी पर श्रद्दालुओं का तांता लगा रहा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवावासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रामनवमी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम का संपूर्ण जीवन उच्च आदर्श और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है संक्षिप्त समाचार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज मुंगेली जिले का दौरा कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया

इसके तहत कारखानों और विभिन्न संस्थानों में कार्यरत् श्रमिकों तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा